कल रात जी ट्वन्टी के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मानव जाति को वैश्विक खुशहाली और सहयोग के केन्द्र में रखना होगा उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान और विकास के लागों को मुक्तभाव से साझा करने स्वास्थ्य प्रणाली को आवश्यकता के अनुसार और मानवीय रूप में विकसित करने तथा आपदा प्रबंधन के नये तौर तरीकों को बढावा देने पर जोर दिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड नाइन्टीन की चुनौती पर चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था श्री मोदी ने जी ट्वन्टी देशों से कोरोना वायरस से निपटर्न के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की अपील की प्रवानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड नाइन्टीन के नब्बे प्रतिशत मामले और अट्ठासी प्रतिशत मौतें जी ट्वन्टी देशों में ही हुई हैं सम्मेलन में जी ट्वन्टी देशों के नेताओं ने कोरोना संकट को नियंत्रित करने और लोगों की जान की हिफाजत करने के लिए हरसंभव उपाय करने पर सहमति व्यक्त की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंचमार्क ब्याज दरों में कमी किए जाने और सभी कर्जो के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत देने की घोषणा की है श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की वीडियो काफ्रेस में ये जानकारी दी शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो दर में पचहत्तर आधार अंकों की कमी करके उसे चार दशमलव चार प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने कहा कि रिवर्स रेपो दर में भी नबे आघार अंकों की कमी करके उसे चार प्रतिशत कर दिया गया है इसी तरह नकद आरक्षी अनुपात भी चार प्रतिशत से घटा कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में तीन लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं से नगदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी और कर्ज की दरों में कमी होगी प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीर्ष अधिकारियों की ग्यारह कमेटियों का गठन किया गया है ये कमेटियां सातों दिन चौबीसों घंटे कोरोना से उपजे हालात पर नजर रखेंगी मुख्यमंत्री कार्यालय इन कमेटियों की निगरानी और इनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस सम्बंध में जानकारी देते हए बताया कि सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के साठ हजार ग्राम पंचायतों के सम्पर्क में है कोरोना महामारी के हर संदिद्ध को ट्रैक किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार उन्हे अलग थलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है प्रदेश में पूर्णवंदी के दौरान खाद बीज तथा कृषि संबंधी रसायनों की थोक और फूटकर दुकानें भी खुली रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज शासन ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए खाद वीज तथा रसायन बनाने वाली कंपनियां और श्रमिक भी इस छूट के दायरे में आएंगे इसके साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि कार्यो से संबद्ध श्रमिकों को भी छूट के दायरे में रखा गया है प्रदेश सरकार ने किसानों को पूर्णबंदी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज घोषणा की है कि आम जनता की मांग पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कल से रामायण धारावाहिक का प्रसारण फिर से शुरू होगा एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि रविवार से धारावाहिक की पहली कड़ी का प्रसारण सुबह नौ बजे से दस बजे तक और दूसरी का रात नौ बजे से दस बजे तक किया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से स्रक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थ्ककने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साब्न और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खासते छीकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नम्वर है एक शुन्य सात पांच प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है